आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आठ लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुडे कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा कोविड से लडने में चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के कम में आयुष पेशेवरों की सेवायें ली जाएंगी मंत्रालय ने कहा कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं मंत्रालय ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस समय कोविड मामलों की प्रभावी तरीके से व्यवस्था कर रहा है

अब सभी अस्पतालों नर्सिंग होम औषधालयों और कोविड देखभाल केन्द्रों को रोगियों से दो लाख रूपये तक नकद लेने की अनुमति होगी रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कल जयपुर के ईएसआई अस्पताल तथा चेस्ट और टीबी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए उन्होंने जयपुर के सरकारी डेडिकेट कोविड अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए डे केयर की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि वे स्वयं जयपुर सहित प्रदेश के अन्य अधिक संकमित वाले जिलों का दौरा कर अस्पतालों के आधारभूत ढांचे का निरीक्षण करेंगे और उनमें रही खामियों को दूर किया जायेगा

इस बीच राज्यसभा सांसद नीरज डांगी कोरोना संक्रमित हो गए है

इस फीचर से वैक्सीन लगवाने वालों की सही जानकारी मिल सकेगी वैक्सीन लगाने के लिये लाभार्थियों को चार अंक का कोड जारी किया जाएगा जो टीकाकरण केन्द्रों में पहुंचने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने वाले कर्मियों को देना होगा तभी टीका लगाया जाएगा इस कोड के माध्यम से ही वैक्सीन लगवाने वाले को सर्टिफिकेट जारी होगा

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे एक और श्रोता का संदेश